उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन को वित्त निवेश विद्युत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रभार दिया गया है जबकि वांकि लोवांग को पीएचई जल आपूर्ति और तिरप चांगलांग लोंगडिंग विभाग दिया गया है वही होनचूंग डांगदम को ग्रामीण कार्य विभाग और कामलुंग मोसांग को शहरी विकास नगरपालिका प्रशासन राजकीय संपदा नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलो के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है आलो लिबांग को स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समाज कल्याण महिला और बाल विकास सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय मामला विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि बामंग फेलिक्स को गृह और अंतर्राज्यीय सीमा मामला तुमके बागरा को उद्योग कौशल विकास वस्तु एवं हस्तशिल्प व्यापार एवं वाणिज्य मामा नातृंग को युवा मामला खेल और जल संसाधन विभाग और नाकाप नालो को पर्यटन परिवहन और नागरिक उड़डयन विभाग का प्रभार दिया गया है वही तागे ताकी को कृषि बागवानी पशुपालन एवं पशुचिकित्सा दुग्ध विकास और मछली पालन और ताबा तेदिर को शिक्षा सांस्कृतिक और इंडिजिनस मामलो को जिम्मेदारी दी गई है

बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई कार्यक्रम की समीक्षा की गई बैठक से पहले सचिवालय में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया राज्य सरकार ने स्थायी कर्मचारियो की तरह राज्य की अस्थायी महिला कर्मचारियो को एक सौ अस्सी दिन का मातृत्व अवकाश और साठ दिन का चाईल्ड केयर लीव देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में तीन भाषाओ की नीति का प्रस्ताव किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि समिति ने मसौदे नीति प्रस्तुत की है जिसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है मंत्रालय ने कहा कि अंतिम निर्णय जनता की राय और राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी स्पष्ट किया है कि यह एक सिफारिश मात्र है सरकार की नीति नही है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके है कि कोई भी भाषा किसी क्षेत्र पर थोपी नही जाएगी श्री निशंक ने कहा कि यह मसौदा है और सरकार विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्रित करके इस पर विचार विमर्श करेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि मोदी सरकार ने हमेशा सभी भाषाओ को बढ़ावा दिया है और किसी पर कोई भी भाषा थोपी नही जाएगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को शुक्रवार को शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया समिति का गठन पूर्व सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था

पुलिस अधीक्षक तुम्मे अम्मो ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों में उनका सरगना भी शामिल है उधर राजधानी पुलिस ने कल नाहरलगुन के एक पेट्रोल पंप पर खड़े टैकंर से नौ हजार लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया है पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो ने बताया है कि क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपो को मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति किए जाने की सूचना कई दिनों से मिल रही थी उन्होने कहा कि पूलिस इस मामले पर नजर रख रही थी और विश्वस्त सूत्रो से जानकारी के आधार पर यह सफल कार्रवाई की गई राज्य के खेल संगठन ने अरुणाचल वेस्ट से सासंद किरेन रिजिजू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामला विभाग मिलने पर खुशी का इजहार किया है अरुणाचल खेल संघ के पूर्व अध्यक्ष बामंग तागो ने कहा है कि राज्य में खेल के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है उन्होंने कहा कि श्री रिजिजू को खेल विभाग मिलने से राज्य के सभी जिलों में खेल प्रतिभाओ को निखारने के लिए स्टेडियम और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने जाने की उम्मीद जगी है

इससे पहले की दो नीति समीक्षाओ में रिजर्व बैंक ने हर बार रेपो रेट में पच्चीस बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की थी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली समिति चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए चार जून से तीन दिनों की बैठक शुरु करेगी भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक और विभिन्न उद्योग निकायों ने उम्मीद जताई है कि अर्थव्यवस्था में ऊर्जा डालने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती जारी रखेगा

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया